प्रदेश में स्कूल और कोचिंग संस्थान चरणबद्ध तरीके से खोलने के लिए गृह विभाग ने तैयार की गाइड लाइन स्कूलों और कोचिंग संस्थानों से भी मांगे सुझाव राज्य में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत पहले ही दिन विभिन्न जिलों में की गई कार्यवाही चिकित्सा मंत्री ने मिलावटखोरों को दी कड़ी कार्रवाई की चेतावनी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

इसके लिए आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक लाया जाएगा

संवाद में चिकित्सा मंत्री डॉ रघ् शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने बेहतर प्रबंधन से कोरोना के संक्रमण को रोकने में सफलता हासिल की है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

इसके बाद प्रत्याशी घर घर जाकर प्रचार कर सकेंगे

जयपुर ग्रेटर जोधपुर दक्षिण तथा कोटा दक्षिण नगर निगमों में मतदान एक नवंबर को होगा राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर सभी छह नगर निगमों में मतदान के दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है

इन संस्थानों को चरणबद्द तरीके से खोलने के लिए राज्य सरकार के गृह विभाग द्वारा गाइड लाइन का प्रारूप तैयार कर लिया गया है प्रारूप को चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग तथा शिक्षा विभाग को उनके सुझाव के लिए भेजा गया है गृह विभाग के प्रमुख शासन सचिव अभय कुमार ने बताया कि सभी जिला कलेक्टरों को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप स्कूल और कोचिंग संस्थाए फिर से खोलने के लिए संबंधित विद्यालयों और संस्था प्रबंधकों के साथ विचार विमर्श कर सुझाव भेजने को कहा गया है राज्य सरकार स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विद्यालयों और संस्थाओं के लिए मानक संचालन प्रकिया जारी करेगी

जयपुर में कल पहले दिन खाद्य निरीक्षक टीमों ने जौहरी बाजार बनीपार्क चाकसू चीथवाड़ी चौमूं और झालाना कच्ची बस्ती में कार्यवाही की अतिरिक्त जिला कलेक्टर चतुर्थ ने बताया कि इस दौरान अवधिपार और फंगस युक्त खाद्य पदार्थों को मौके पर नष्ट करवाया गया